मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य में किसानों के कर्जे माफ करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों को सहयोग करना चाहिए जयपुर के सीतापुरा में तीन दिवसीय व्यापार उद्योग अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरूआत हुई विरासत संरक्षण के उद्देश्य से जयपुर में आज विंटेज कार रैली निकाली गई

आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि देश की विशालता और विविधता लोगों के लिए प्रेरणास्त्रोत है प्रधानमंत्री ने दिल्ली में चल रहे हनर हाट के दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें देश की विविधता का दर्शन किया जा सकता है

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के युवाओं में विज्ञान और तकनीक के प्रति रूचि बढ़ रही है श्री मोदी ने कहा कि विज्ञान को लेकर बच्चों और यूवाओं में उत्साह बढ़ाने के लिए एक व्यवस्था शुरू की गई है जिसके तहत श्रीहरिकोटा से होने वाली रोकेंट लॉचिंग को सामने बैठकर देखा जा सकता है

इसके लिए इसरो की वेबसाइट पर ऑनलाइन बुकिंग की जा सकती है प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा नया भारत अब पुरानी सोच के साथ चलने को तैयार नहीं है खासतौर पर न्यू इण्डिया की हमारी बहने और माताए आगे बढ़कर उन चुनौतियों को अपने हाथों में ले रही है

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के हित में राज्य में किसान आयोग बनाया जाएगा

इस अवसर पर उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा गुलाब चन्द कटारिया और फूल सिंह मीणा उपस्थित थे

स्टेशन अधीक्षक से भिली जानकारी के अनुसार इससे गोदाम के साथ साथ नये प्लेटफार्म का भी निर्माण किया जाएगा

खाद्य पदार्थ व्यापार संघ की ओर से आयोजित तीन दिवसीय इस अधिवेशन का शुभारम्भ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री बी ड़ी कल्ला मुख्य सचेतक महेश जोशी और बड़ी संख्या में देश प्रदेश के व्यापारियों ने भाग लिया

वे आज जयप्र में राजस्थान आवासन मण्डल के राज्यस्तरीय स्वर्णजयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मंडल की जयपुर जोधपुर कोटा सहित अन्य शहरों की नई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारम्भ किया

काले हिरणों के साथ इनका रहना एक अनोखा संगम है अभ्यारण्य अधिकारी ने बताया कि इससे पर्यटकों की संख्या के साथ साथ राजस्व में भी बढोतरी हुई है

नागौर में दलित के साथ हुई मारपीट का वीडियो वायरल होने के मामले पर भी बंद का आहवान किया गया था जिसका दौसा में कोई असर देखने को नहीं भिला टोंक में भी रैली निकाली गई

जयपुर सांसद रामचरण बोहरा ने जलमहल की पाल से रैली को हरी झण्ड़ी दिखाकर रवाना किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह रैली शहर की विरासत को संरक्षित करने के उद्देश्य से निकाली गई रैली में देश के विभिन्न शहरों से आयी विंटेज और क्लासिक कारों ने हिस्सा लिया कारों के विभिन्न मॉडलों का भी प्रदर्शन किया गया

इधर जयपुर के सवाईमानसिंह स्टेडियम में कल से राजस्थान स्टेट ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है